इन परियोजनाओं के अलावा केंद्रीय मंत्री ने राज्य के लिए दो सौ अट्ठाइस करोड़ रुपये के अतिरिक्त अनुदान की घोषणा की है श्री सिंह ने यह घोषणा राजधानी ईटानगर में आयोजित अरुणाचल ट्रांसफार्मिंग एण्ड एस्पिरेशनल लीडरशीप अटल सम्मेलन का उद्घाटन करने के अवसर पर की युवाओं के लिए इस सम्मेलन का आयोजन राज्य सरकार ने किया है जिसका उद्देश्य युवाओं के लिए एक मंच प्रदान करना है जहां वे अपने विचारों को साझा कर सके और नीति निर्धारण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रुप से भाग ले सकें

उन्होंने कहा कि देश के सभी राज्यों विशेष रुप से पूर्वोत्तर के विकास से ही पूरे देश का विकास संभव है श्री सिंह ने मुख्यमंत्री पेमा खाण्डू द्वारा ईटानगर में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एयर पोर्ट के लिए जमीन के मुद्दे को हल करने के लिए उठाए गए कदमों की सराहना की इस अवसर पर मुख्यमंत्री पेमा खाण्ड्र ने कहा कि अटल कनक्लेव का उद्देश्य युवाओं की सोच और उनकी आकांक्षाओं को समझना और यह देखना है वे किस तरह से अरुणाचल की बेहतरीन के लिए योगदान देने की इच्छा रखते है उन्होंने कहा कि राज्य सरकार युवाओं द्वारा दिए गए सुझावों को शामिल करेगी मुख्यमंत्री ने कहा कि सीमित अवसरों के चलते यूवा बेहतर स्थलों की ओर पलायन करने के लिए बाध्य होते है उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन का उद्देश्य युवाओं को विकास प्रक्रिया में शामिल कर उनके लिए बेहतर अवसर पैदा कर रहा है इस अटल कनक्लेव में केंद्रीय गृहराज्य मंत्री किरेन रिजिजू और उप मुख्यमंत्री चाउना मैन भी उपस्थित थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जोधपुर में देश के सशस्त्र बलों के अदम्य साहस को दर्शाने वाली पराक्रम पर्व प्रदर्शनी का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में भारतीय सेना के तीनों अंगों के कमांडरों का सम्मेलन राजस्थान में जोधप्र में आयोजित हुआ रक्षामंत्री निर्मला सीता रामन रक्षा राज्यमंत्री सुभाष भामरे सेना अध्यक्ष जनरल विपिन रावतवायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बी एस धनोवा और नौ सेना प्रमुख एडमिरल सुनील लामबा तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल उच्चस्तरीय बैठक में भाग ले रहे है यह सम्मेलन तीनो सेनाओं के सभी संयुक्त मुद्दों और रक्षा मंत्रालय के बारे में उच्चस्तर पर विचार विमर्श के लिए एकमंच उपलब्ध कर रहा है केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि जी एस टी परिषद की आज की बैठक में राजस्व स्थिति के बारे में विस्तृत विचार विमर्श हुआ नई दिल्ली में वस्तु और सेवाकर परिषद की तीसवीं बैठक के बाद उन्होंने बताया कि प्रकृतिक आपदाओं का सामना कर रहे राज्यों की मदद के लिए जल्दी ही सात सदस्यों का मंत्री समूह गठित किया जायेगा केंद्र ने राज्यों को एक परामर्श जारी कर कहा है कि वे आम लोगों को इस बात से अवगत कराएं कि किसी भी तरह की भीड़ की हिंसा के गंभीर कानूनी परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं उग्र भीड़ की हिंसा की घटनाओं को रोकने के उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का हवाला देते हुए गृह मंत्रालय ने राज्यों से कहा है कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कदम उठायें न्यायालय ने आदेश दिया था कि केंद्र आर राज्य सरकारों को गृह मंत्रालय तथा पुलिस की वेबसाइटों समेत रेडियो टेलीविजन और जनसंचार के अन्य माध्यम के जरिए इस बात का प्रचार करना चाहिए कि भीड़ की हिंसा में शामिल होने के गंभीर दुष्परिणाम होंगे इस आदेश के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय को भी रेडियो और टेलीविजन के माध्यम से इस बारे में संदेश का प्रचार करने को कहा गया था इससे पहले गृह मंत्रालय ने इसी सिलसिले में एक परामर्श जारी कर राज्यों से कहा था कि वे प्रत्येक जिले में पुलिस अधीक्षक स्तर का एक अधिकारी तैनात करें और भीड़ की हिंसा के बारे में खुफिया सूचनाएं इकटठा करने के लिए विशेष कार्य बल गठित करे और सोशल मीडिया पर फैलायी जा रही बातो पर कड़ी निगाह रखे ईटानगर के अतिरिक्त सहायक आयुक्त हेंगो बासार के नेतृत्व में एक दल ने आज राजधानी क्षेत्र की सड़कों सार्वजनिक स्थलों बाजार क्षेत्रों और कई महत्वपूर्ण स्थलों पर घूमने वाले आवारा पशुओं के खिलाफ एक अभियान चलाया राजधानी क्षेत्र जिला उपायुक्त ने कहा है कि प्रशासन द्वारा बार बार सूचना और चेतावनी जारी किए जाने के बावजूद पशुओं के मालिक पर्याप्त उपाय नही कर रहे जिसके चलते यह कदम उठाना पड़ रहा है